बायोटेक किसान हब केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के सात जिलों बस्तर बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा कोंडागांव नारायणपुर और कांकेर में बायोर्टेक किसान हब की स्थापना की जाएगी इसके लिए चार करोड़ दस लाख रूपये लागत की परियोजना को स्वीकृति दी गई है इस परियोजना के तहत प्रत्येक जिले के पांच गांवों से दस दस प्रगतिशील किसानों का चयन किया जाएगा इस परियोजना में कुल तीन सौ पचास किसान लाभान्वित होंगे बायोटेक किसान हब परियोजना के तहत चयनित किसानों की एक एकड़ भूमि पर प्रतिवर्ष दो लाख रूपये तक की आय अर्जित करने का मॉडल विकसित किया जाएगा आदिवासी धरना प्रदर्शन प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्र सुकमा दंतेवाड़ा और बीजापुर वनमंडल के तेंद्रपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का भूगतान अब नगद रूप में किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम इसकी स्वीकृति दे दी है इसके लिए उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया था मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में श्री लखमा ने कहा है कि वनमंडल सुकमा दंतेवाड़ा और बीजापुर माओवाद प्रभावित जिलों में है जिसके कारण तेंदूपत्ता पारिश्रमिक का भूगतान नगद कराया जाए श्री लखमा ने पत्र में लिखा है कि इन तीनों जिलों में तेंद्रपत्ता का भूगतान बैंक के माध्यम से करने का प्रावधान है लेकिन संग्राहकों के पास आधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक खाता नहीं होने से बैंक के माध्यम से भूगतान में काफी दिक्कत होती है इससे पहले बीजापुर जिला मुख्यालय में आज सैकड़ो की संख्या में ग्रामीणों ने तेंद्रपत्ता बोनस और नगद भूगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया ये सभी ग्रामीण गंगालूर से पैदल चलकर जिला मुख्यालय बीजापुर पहंचे थे इस बीच ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर तेंद्रपत्ता संग्रहण की राशि का नगद भुगतान करने की मांग की थी ग्रामीणों का कहना था कि तेंदूपत्ता संग्रहण की राशि का भुगतान चेक द्वारा किए जाने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पडता है कोरोना मरीज प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित सैंतालीस नये मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें राजनांदगांव से तेईस दुर्ग से नौ गरियाबंद से छह रायपुर से पांच महासमुद से तीन और बलौदाबाजार से एक मरीज शामिल है हमारे संवाददाता से भिली जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव जिले में मिले तेईस मरीजों में से ग्यारह शहर से ही है जबकि बारह मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से मिले हैं इस बीच नगर पालिक निगम राजनांदगांव के संपूर्ण सीमा क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने धारा एक सौ चवालीस लाग करने के आदेश दिए हैं वहीं दूर्ग में आज कोरोना संक्रमित नौ मरीजों की प्रष्टि की गई है जिनमें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को दो जवान भी शामिल है जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी गंभीर सिंह ठाकर ने बताया कि पॉजीटिव पाए गए सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है उन्होंने कहा कि जो मरीज गंभीर होंगे उन्हें रायपुर शिफ्ट किया जाएगा इधर राजधानी रायपुर के हीरापुर में दो गुढ़ियारी श्रीराम नगर और मठपुरैना से कोरोना के एक एक मामले सामने आए हैं इस बीच दंतेवाड़ा जिले के बचेली के एनएमडीसी अस्पताल में भर्ती सीआईएसएफ के दो और जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं ये दोनों जवान पिछले पांच दिनों से आईसोलेशन वार्ड में भर्ती थे रेड ऑरेंज जोन प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच आज स्वास्थ्य विभाग ने रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडो की नई सूची जारी कर दी है सूची के अनुसार प्रदेश के इक्कीस जिलों के एक सौ एक विकासखंड रेड जोन में हैं रायपुर के पांच विकासखंड भी रेड जोन में शामिल हैं इसके अलावा राजनादगांव जिले के सर्वाधिक नौ विकासखंड रेड जोन में हैं रायगढ और जांजगीर चांपा में आठ आठ जशपुर में सात बलरामपुर महासमुंद और द्र्ग जिले के पांच पांच विकासखंडो को भी रेड जोन घोषित किया गया है वहीं चौंतीस विकासखंडों को ऑरेंज जोन में रखा गया है रेस्टॉरेंट बार बंद कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के रेस्टॉरेट और बार आगामी पांच जुलाई तक बंद रहेंगे इस संबंध में आज आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है इससे पहले प्रदेश के सभी रेस्टॉरेंट और बार को अट्ठाईस जून तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया था रेल टिकट वापसी इस वर्ष एक जुलाई से बारह अगस्त के बीच की यात्रा के लिए बुक कराई गई रेल टिकटों की पूरी कीमत लौटाई जाएगी बारह अगस्त तक के लिए नियमित रुप से चलने वॉली मेल या एक्सप्रेस यात्री गोंड़ी और उप नगरीय रेल सेवा पहले ही रद्द की जा चुकी है रेल मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से मौजूदा रेलगाड़ियों की सेवाओं पर असर नहीं पडेगा और एक सौ पंद्रह विशेष रेलगाडियों का प्रचालन जारी रहेगा ये रेलगाडियां लॉकडाउन के बाद से चलाई गई हैं मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति का आकलन करने के बाद विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है बस ऑपरेटर ज्ञापन कोरोना वायरस संक्रमण के चलते तीन माह बाद यात्री बस चलाने की अनुमति के बाद भी संचालकों ने बस चलाने से इंकार कर दिया है राजनांदगांव में बस ऑपरेटर संघ ने आज कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा से मुलाकात कर कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक बसों का संचालन नहीं किया जाएगा संघ ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा संघ के अध्यक्ष रईस अहमद ने बताया कि राज्य सरकार के वर्तमान दिशा निर्देशों के तहत बस चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक बस संचालन संभव नहीं है गौरतलब है कि संघ के ज्ञापन में छह माह तक कर से छट बस किराये में वृद्धि और आई फॉर्म एस फॉर्म के नियम को खत्म करने के अलावा कई अन्य मांगें भी शामिल हैं चयन समिति प्रतिनिधित्व राज्य सरकार ने साक्षात्कार और चयन समिति में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग का अलग अलग प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया है इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रत्येक विभाग के अधीन गठित साक्षात्कार और चयन समिति में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग का अलग अलग प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है इस संबंध में सभी विमागों अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर सभी विभागाध्यक्षों संभागीय आयुक्तों कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी परिपत्र जारी किया गया है

जारी आदेश के मुताबिक दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव को राजधानी रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है वहीं बलौदाबाजार जिले की कमान संभाल रहे प्रशांत ठाकूर को दुर्ग का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है इसी तरह रायपुर के पुलिस अधीक्षक शेख आरिफ हुसैन को उप पुलिस महानिरीक्षक ईओडब्ल्यू और एसीबी में पदस्थ किया गया है ईओडब्ल्यू में पदस्थ इंदिरा कल्याण एलेसेला को बलौदाबाजार भेजा गया है बलरामपुर जिले के एसपी टीआर कोशिमा को सरगुजा की कमान सौंपी गई है जबकि रामकृष्ण साहू को बलरामपुर का एसपी बनाया गया है कोंडागांव एसपी बालाजी राव को जशपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई है वहीं सुकमा जिले के एडिशनल एसपी सिद्धार्थ तिवारी कोंडागांव के नये पुलिस अधीक्षक होंगे जबकि कोरबा के एडिशनल एसपी उदय किरण को दंतेवाड़ा भेजा गया है आजाद चौक रायपुर के नगर पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा को सुकमा का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है सरगुजा जिले के एसपी आश्रतोष सिंह को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल चौथी वॉहिनी का सेनानी बनाया गया है इसी तरह बी एस धुव को एआईजी नक्सल ऑपरेशन पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है जशपुर एसपी शंकरलाल बघेल को सीटीडब्ल्यू कॉलेज कांकेर का सेनानी बनाया गया है इसके अलावा राजधानी रायपुर में एडिशनल एसपी की कमान संभाल रहे पंकज चंद्रा को ईओडब्ल्यू में एसपी के पद पर पदस्थ किया गया है वहीं उरला रायपुर के नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक माहेश्वरी को एआईजी इंटेलिजेंस के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है य वक आत्मदाह प्रयास राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री निवास के सामने एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की इस घटना में युवक तीस से चालीस प्रतिशत तक झुलस गया है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार युवक का उपचार जारी है और वह खतरे से बाहर है मिली जानकारी के मुताबिक यह यूवक धमतरी जिले के अर्जुनी थाना इलाके के ग्राम तेलिनसत्ती का रहने वाला है जो रोजगार के सिलसिले में मुख्यमंत्री निवास आया था इसी दौरान उसने मुख्यमंत्री निवास के पास अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली धमतरी के अनुविभागीय दंडाधिकारी ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उसका रोजगार गारंटी के लिए जॉब कार्ड भी बना है और पिछले माह उसने ग्यारह दिन काम भी किया था इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है उन्होंने कहा है कि किसी को भी भावावेश में आकर ऐसा नकारात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संकट के इस काल में भी पूरे राज्य में रोजगार देने की व्यवस्था की है दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए शासन से मांग की है कि युवक को बेहतर से बेहतर विकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए श्री साय ने आरोप लगाया कि दस लाख युवाओँ को नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके सत्ता में आई सरकार ने युवाओं को ठगा है वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि यह घटना सभी के लिए चिंता का विषय है उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार यूवाओं के हित में बेहतर काम करें कांग्रेस प्रदर्शन पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और महंगाई के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा राजधानी रायपुर सहित समी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया गया रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में ब्रढातालाब स्थित धरनास्थल पर प्रदर्शन किया गया इस दौरान श्री मरकाम ने साइकिल चलाकर विरोध किया इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया महापौर एजाज ढेबर विधायक विकास उपाध्याय सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महासमुद राजनांदगांव सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भी धरना प्रदर्शन किए जाने की खबर है धरना प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया खरीफ फसल बीमा प्रदेश में खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है राजनांदगांव जिले में बीते शक्रवार से ही बीमा का फॉर्म भिलना शरू हो गया है दो दिन के ैअवकाश के बाद आज फिर जिला सहकारी र्केद्रीय बैंक से फॉर्म का वितरण शुरू किया गया फॉर्म लेने के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई बीमा फॉर्म ब्लॉक मुख्यालयों सहित सभी सहकारी समितियों से वितरित किया जा रहा है नकली नोट गिरोह महासमुंद जिले में पुलिस ने आज नकली नोट छापने और उसे खपाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है प्रलिस अधीक्षक प्रफूल्ल कुमार ठाकुर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिले के बसना क्षेत्र से नकली नोट छापने और उसे खपाने की सूचना मिली थी इसी आघार पर पुलिस ने एक टीम बनाकर नकली नोट छापने वाले गिरोह की तलाश शुरू की मुखबिर की सचना पर पुलिस ने ग्राम धानापाली के आगे बसना रोड पर आरोपियों को गिरफ्तार किया इनके पास से एक लाख पचहत्तर हजार रूपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं ये आरोपी छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा और मध्यप्रदेश में नकली नोट खपाने का काम करते थे गिरोह का मुखिया सतपति साहू ओडिशा का रहने वाला है जो पिछले चार वर्षो से नकली नोट बनाने और उसे खपाने का काम कर रहा था आरोपियों के पास से नकली नोट के अलावा प्रिंटर मशीन मोबाइल एयरगन और दोपहिया वाहन जब्त किया गया है वहीं जिला मुख्यालय महासमुंद में चोरी के छह मामलों में लाखों रूपये के सामान के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जोगी श्रद्वांजलि समा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की आत्मा की शांति के लिए आज राजधानी रायपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया इस सभा में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए इस मौके पर राज्यपाल ने स्वर्गीय जोगी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हुए कहा कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है जिसे छत्तीसगढ हमेशा याद करेगा

इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि एक ही भवन में चार कार्यालय संचालित होने से जनसुविधा के साथ ही विभागीय कार्यों में गति आएगी तीन करोड़ बाईस लाख रूपये से अधिक की लागत से निर्मित इस परिसर के प्रत्येक तल में बीस बीस कार्यालय कक्ष बनाए गए हैं मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान बस्तर और सरग्जा संभाग तथा उससे लगे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र तक एक द्रोणिका बनी हुई है इसके असर से छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना बनी हुई है आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेशभर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है इस बीच राज्य में बीते एक जून से अब तक दो सौ छियासठ दशमलव आठ मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है वहीं राज्य सरकार ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है किसी भी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर टेलीफोन नंबर शून्य सात सात एक दो दो दो तीन चार सात एक पर शिकायत और सूचना दी जा सकती है यह नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे संचालित हो रहा है संक्षिप्त समाचार महासमुद जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से अब तक तिरालीस हजार से अधिक किसानों को एक सौ छिहत्तर करोड रूपये का ऋण वितरण किया जा चुका है कोंडागांव जिला मुख्यालय में जगदलपुर फॉरेस्ट नाका के पास आज एक मोटरसाइकिल जेसीबी से जा टकराई इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई बिलासपुर पुलिस ने टिकरापारा शिवाजी पार्क के पास जुआं फड़ में छापामार कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है उनके पास से पच्चीस हजार रूपये से अँधिक की रकम बरामद की गई है